लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शीतकालीन सत्र में एक सौ तीस घंटे पैंतालिस मिनट का कामकाज हुआ उन्होंने कहा कि सदन की उत्पादकता एक सौ पन्द्रह प्रतिशत रही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और विभिन्न मुद्दों पर बहस हुई राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायड् ने समापन भाषण में कहा कि सदन की उत्पादकता लगभग एक सौ प्रतिशत रही और पन्द्रह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए इनमें मुख्य हैं नागरिकता संशोधन विधेयक किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक और ई सिगरेट निषेघ विधेयक उन्होंने कहा कि व्यवधान के कारण सत्र में ग्यारह घंटे से अधिक समय बर्बाद हुआ हालांकि सदन का कामकाज पूरा करने के लिए सदस्य निर्धारित समय से भी ज्यादा देर तक बैठे राष्ट्र दो हजार एक में संसद भवन पर आतंकी हमले में शहीदों को आज श्रद्वांजलि दे रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नवी आजाद और अन्य मंत्रियों तथा सांसदों ने संसद परिसर में शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की संसद के दोनों सदनों ने आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्दांजलि अर्पित की शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में संसद भवन परिसर में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया तेरह दिसम्बर दो हजार एक को लश्करे तैएवा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद परिसर में घुसकर अंधाध्ध गोलीबारी शुरू कर दी थी सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार गिराया था इस हमले में दिल्ली पुलिस के पांच कर्मी सीआरपीएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी और एक माली तथा एक कर्मचारी भी मारा गया था हमले में एक पत्रकार घायल हुआ था जिसकी बाद में मौत हो गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षो में अपराघ रोकने के लिए लगातार काम किया है उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं की त्वरित सुनवाई के लिए हाल ही में प्रदेश सरकार ने दो सौ अट्ठारह फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी निर्णय किया है उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में भी प्रदेश पहले स्थान पर है श्री योगी आज लखनऊ में गोमती नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराध विवेचना और महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध पर प्रदेश के अभियोजकों एवं विवेचकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह की कार्यशालाएं बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों और साइबर अपराध से निपटने में सहायक साबित होंगी श्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में अपराध की घटनाएं बढ़ने पर कानून भी सख्त होना चाहिए उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय पर विशेष बल दिया प्रदेश में कल रात से शुरू हुई ब्रंदाबादी और बारिश आज दिन भर जारी है गोरखपुर वाराणसी अयोध्या बस्ती बलरामपुर जौनपुर सहित प्रदेश के पूर्वी अंचल के जिलों में आज दिन भर रूक रूक कर हल्की से तेज बारिश होती रही हमीरपुर अलीगढ़ मथुरा चित्रकूट समेत कुछ अन्य स्थानों पर ओलावृष्टि के भी समाचार हैं लखनऊ कानपुर बरेली मुरादाबाद समेत प्रदेश के लगभग सभी भागों में आज दिन भर हल्की से तेज वर्षा का कम जारी रहा मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गयी है तेज बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान की भी आशंका है मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों में ठंड के और बढ़ने की संमावना व्यक्त की है जौनपुर के जिलाधिकारी ने बारिश और ठंड को देखते हुए कल कक्षा एक से कक्षा आठ तक के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक बरसात के कारण बढ़ी सर्दी को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को रैनबसेरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने कहा कि जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी उपजिलाधिकारी समेत वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए मुख्यमंत्री ने पुलिस को रैनबसेरों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के भी निर्देश दिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरित करने और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने के भी निर्देश दिए केंद्र सरकार बारह हजार छह सौ साठ टन अतिरिक्त प्याज का आयात करेगी यह प्याज सत्ताईस दिसम्बर से भारत पहंचना श्रू हो जाएगी अब तक लगभग तीस हजार टन प्याज के आयात का अनुबंध हो चुका है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एमएमटीसी को अंतिरिक्त पन्द्रह हजार टन प्याज के आयात की निविदाएं जारी करने का भी निर्देश दिया है इस बीच प्याज की कीमतें लगातार दूसरे सप्ताह एक सौ रुपये प्रति किलो से ऊपर बनी हुई हैं बलिया के जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने आज हनुमानगंज ब्लॉक के मंडी स्थित धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया इस दौरान श्री शाही ने केंद्र प्रभारी को किसानों को समय पर उनकी फसल के भुगतान का निर्देश दिया उन्होंने टोकन के अनुसार ही खरीद सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए